इसके बाद वे कोटा पहुंचेंगे और वहां रोड शो करेंगे रोड शो के बाद उनका नुक्कड सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है इस दौरान वे विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे रात को श्री गांधी कोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे

पार्टी के विभिन्न नेता जहां अपनी अपनी जिम्मेदारी वार्ले क्षेत्रों में प्रचार कार्य में जुटे है वहीं आज पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक जयपुर में हो रही है

अन्य दल भी चुनावी घमासान के लिए आगे बढ़ रहे हैं

कांग्रेस इसे तकनीकी और विधिक मामलों में उलझाना चाहती है भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जायेगी उन्होंने कहा कि भाारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज प्रदेशभर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे

आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने बताया कि सरकार करदाताओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही हैं लेकिन कर चोरी करने बालों को बख्शा नहीं जाएगा सुशील चंद्र ने बताया कि ऑनलाइन आकलन की सुविधा अब बढ़ाकर तीन सौ शहरों में कर दी गयी है

अपने संदेश में उन्होंने आदिकवि महर्षि वाल्मिकी को सामाजिक समानता और सौहार्द का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण से लोग हमेशा प्रेरित होते रहेंगे

इस अवसर पर विभिन्न मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संगठन देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला शाम को विशेष आरती के साथ सम्पन्न होगा